पिछले चौबीस घंटों में सिर्फ खूंटी जिले को छोड़कर तेईस जिलों में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं

झारखंड में मरीजो की संकमण दर देश से एक प्रतिशत अधिक हो गयी है देश में यह दर तीन दशमलव चार तीन प्रतिशत है जबकि झारखंड में यह चार दशमलव एक छह प्रतिशत हो गयी है मरीजों के दोगुने होने की दर जहां देश में बीस दशमलव पांच चार दिन है वहीं झारखंड में सत्रह दशमलव शुन्य एक दिन हो गयी है

कोरोना संक्रमित व्यक्ति पंचायत सेवक था जिसे महागामा से गोड्डा सदर अस्पताल लाया गया था गोड्डा सिविल सर्जन डॉ एस पी मिश्रा ने बताया कि मौत का कारण कोराना संक्रमण है उनसे जुड़े अन्य लोगों को कोरेंटिन केंद्र में भेजे जाने की तैयारी की जा रही है कुछ दिन पहले ही मृतक टाइफाइड का इलाज कराकर भागलपुर से लौटा था

कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले अब बोकारो में उनचालीस हो गए हैं

इस संबंध में राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश जारी किया गया है कि जिलों में संदिग्धों की जांच की रफ्तार बढ़ाई जाये

इधर न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार ने सभी जिलों में सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिये हैं राज्य सरकार की ओर से गैर जरूरी वस्तुओं की दुकान खोलने वालों के खिलाफ सख्ती तेज कर दी गयी है पुलिस मुख्यालय झारखंड की ओर से निर्देश जारी किया गया है कि बिना मास्क के बाहर निकलने वाले लोगों के विरूद्व कार्रवाई की जाये

उन्होंने देश को विभिन्न भागों की स्थिति और विभिन्न राज्यों की तैयारियों का जायजा लिया श्री मोदी ने सार्वजनिक स्थलों पर व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बारे में कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए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

क्लीनिकल जांच में संतोषजनक नतीजे प्राप्त होने के बाद इस औषधि के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है सामान्य से गंभीर त्वचा रोगियों के उपचार के लिए पहले से ही आइटोलिज्मैब टीके के इस्तेमाल की अनुमति मिली हई है

इस पॉलिसी में कोरोना वायरस बीमारी पर चिकित्सा व्यय का भुगतान शामिल होगा प्राधिकरण ने कहा है कि उसने कोविड से संबंधित विशेष पॉलिसी तैयार की है जिसमें लोगों की स्वास्थ्य बीमा की मूल आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा और सभी बीमा कंपनियां एक समान पॉलिसी देंगी इस पॉलिसी में बीमा की राशि पचास हजार से पांच लाख रूपये के बीच रखी गई है

कोरोना कवच पॉलिसी स्वयं के लिए पति और पत्नी माता पिता सांस सुर और पच्चीस वर्ष तक के आश्रित बच्चों के लिए ली जा सकती है

उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायड् ने कहा है कि भविष्य में स्वास्थ्य के प्रति खतरों से बचने के लिए देश में पर्यावरण के अनुकूल वास्तुशिल्प और डिजाइन का उपयोग किया जाना चाहिए भारतीय वास्तुशिल्प संस्थान के राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री नायडू ने वास्तुकारों और डिजाइनरों से आग्रह किया कि वे डिजाइनों में बदलाव कर इस महामारी के कारण पैदा हुई चुनौतियों से निपटने का रास्ता निकालें मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में विश्वविद्यालय परीक्षाएं आयोजित करने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है यह प्रक्रिया गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से तैयार की गई है

उन्होंने कहा कि ये परीक्षाएं आनलाइन ऑफलाइन या मिश्रित पद्धति से आयोजित की जाएंगी उन्होंने कहा कि यदि कोई विद्यार्थी अंतिम वर्ष की इन परीक्षाओं में नहीं बैठ पाएगा तो उसे बाद में एक अवसर और दिया जाएगा नीति आयोग ने अटल नवाचार मिशन के तहत देशभर में स्कूली बच्चों के लिए ए टी एल ऐप विकास मॉडल की शुरुआत की है ए टी एल ऐप एक निःशुल्क ऑन लाइन पाठ्यक्रम है इसके माध्यम से युवा विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बना सकते हैं और नवाचार के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि कोविड महामारी के कारण कई बड़ी बाधाएं आई हैं जिनसे प्रौद्योगिकी की मदद से निबटा जा रहा है उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री लोगों को प्रौद्योगिकी और नवाचार का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं उन्होंने कहा कि युवा भारतीयों के लिए कम उम्र में नए कौशल सीखना काफी जरूरी है अटल नवाचार मिशन के आर रामनन ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज को लेकर स्कूलों और विश्वविद्यालयों के युवा छात्र काफी उत्साहित हैं पाक्ड जिला प्रशासन आदिम जनजाति पहाड़िया समाज की पारंपरिक मड़ुआ की खेती को बढ़ावा देकर उनकी पोषण सम्बन्धी समस्या को दूर करने के लिए काम कर रहा है

आज यहां करीब तीन दर्जन से अधिक विषयों की पढ़ाई हो रही है विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर आज कम्युनिटी रेडियो खांची से सुबह आठ बजे से कार्यकम प्रसारित किये जा रहे हैं जो रात नौ बजे तक चलेंगे इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार पाण्डेय ने कहा है कि विश्वविद्यालय को इस मुकाम तक पहुंचाने में शिक्षकों पदाधिकारियों कर्मचारीगण और विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है चतरा जिले में कल हुए वज्रपात में एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि एक महिला झुलस कर घायल हो गयी घायल महिला को इलाज के लिए चतरा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है मृतक जिले के कादे गांव में अपने एक रिश्तेदार के यहां आया हुआ था वह मूल रूप से बिहार के गया जिले का रहने वाला था पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सैतवा वन प्रक्षेत्र बरकेला स्थित कार्यालय और आवासीय परिसर के भवन को भाकपा माओवादियों ने विस्फोट कर उड़ा दिया है

बताया जा रहा है कि समूह में आये माओवादियों ने परिसर में रखे कई वाहनों को भी जला दिया अखबारों की सुर्खियां आज प्रकाशित होनेवाले लगभग सभी अखबारों ने वॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके पुत्र अभिषेक बच्चन के कोरोना से संकमित होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने लिखा है कि दोनों को नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जबकि अभिनेत्री जया बच्चन ऐश्वर्या राय और उनकी पुत्री आरध्या की रिपोर्ट निगेटिव आयी है

वहीं मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी के कोरोना रिपोर्ट निगेटिव मिलने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी गयी है दैनिक भास्कर ने राज्य में बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की खबर को पहले पन्ने पर लिया है बेड को रोना शीर्षक से ली गई खबर में लिखा गया है कि अगर इसी रफ्तार से रांची में मरीजो की संख्या बढ़ी तो अगले आठ दिनों में कोविड अस्पताल के सभी बेड भर जायेंगे प्रभात खबर ने भी झारखंड में बढ़ रहे कोरोना संकमण पर चिंता जताते हुए खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से जगह दी है

अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने भी प्रधानमंत्री द्वारा कोरोना संकमण के स्थिति की समीक्षा की खबर को प्रमुखता से छापा है